गत चार सालों में नीति आयोग की उपलब्धियों की मीडिया को जानकारी देते हए श्री कांत ने कहा कि आयोग ने पोषण अभियान के लिए तकनीकी सहायता इकाई स्थापित की है और हाल ही में जल प्रबंधन सूचकांक भी जारी किया है

इस मौके पर बोलते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव क्मार ने आशा व्यक्त की है कि अगले वर्ष आठ से नौ प्रतिशत की विकास दर हासिल होगी

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायिक कार्य हिन्दी में होने लगे

एक सरकारी प्रवक्ता के अन्सार हरियाणा सरकार जल्द ही राज्यपाल प्रो कप्तान सोलंकी से इस बारे राष्ट्रपति को पत्र लिखने का अन्रोध करेगी ताकि हरियाणा में भी न्यायिक प्रक्रिया को हिन्दी में प्रांरभ करने की पहल की जा सके उल्लेखनीय है कि देश के चार उच्च न्यायालयों इलाहबाद राजस्थान मध्यप्रदेश और बिहार में न्यायिक कार्रवाई राजभाषा हिन्दी में किये जाने की अन्मति के बाद यहां स्नवाई बहस व फैस्ले हिन्दी में होंने लगे है म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने इच्छा व्यक्त की है कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में भी यह अन्मति मिल जाये ताकि वादियो को पूरी प्रक्रिया अपनी भाषा में समझने का अवसर मिले उन्होंने बताया कि सरकार के चंडीगढ़ स्थित कार्यालयों मुख्यालयों एवं जिला स्तर पर अधिककाश सर्क्लर अंग्रेजी में जारी होते है अब आम आदमी तक इसकी समझ पहंचाने के लिए प्रदेश में हिन्दी भाषा में सर्क्लर जारी होंगे

उन्होंने कहा कि बड़े बड़े गांवों में यदि बैंक की शाखायें खोल दी जाये तो इसमें लोगों को काफी स्विधा होगी केन्द्र सरकार ने हरियाणा में लघ् सूक्षम और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाये गये कलस्टर की न केवल सराहना की है बल्कि देश भर को हरियाणा का अन्सरण करने को कहा है अकेले उद्योग विभाग की यह दसूरी योजना होगी जिसे अब सभी राज्यों लागू करेंगे

केनद्रीय मंत्रालय के अलावा विकास आय्क्त पीयूष श्रीवास्तव ने भ्जी देश के सभी राज्यों को चिट्टी जारी कर इसे अपने यहां लागू करने को कहा है इससे पहले हरियाणा की अप्रेटिंसशिप पोलिसी की केन्द्र प्रंशसा कर च्का है और राजस्थान सहित कई अन्य सरकारें इस बारे मार्गदर्शन् भी मांग च्की है उल्लेखीय है हरियाणा में शिक्षकों की ऑन लाइन ट्रांसफर नीति की ख्द प्रधानमंत्री सराहना कर च्के है और पंजाब यूपी सहित कई राज्यों ने इसे लागू भी किया है

अम्बाला से साहा तक फोर लेन सड़क के निर्माण के टेंडर शीघ्र जारी किये जायेंगे इसका डीपीआर का काम पूरा हो च्का है

एक सरकारी प्रवक्ता ने चंडीगढ़ में बताया कि निर्धारित चिकित्सा भत्ते की यह बढ़ी हई दर इस वर्ष पहली मई से लागू होगी

उपाय्क्त सोनल गोयल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसमें अच्छा काम करने वाले विभाग व उसके कर्मचारी प्रोत्साहित होंगे और दूसरे विभाग इससे प्रेरणा लेंगे उन्होंने कहा कि कार्य का आंकलन प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी करेगी सरकार ने पंचकूला स्थित श्रीमाता मनसा देवी पूज्य स्थल बोर्ड का प्र्नगठनकिया है शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमति कविता जैन ने बताया कि म्ख्यमंत्री श्री माता मनसा देवी बोर्ड के अध्यक्ष तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री बोर्ड की उपा अध्यक्ष होंगी इसके अलावा मुख्यसचिव एवं शहरी स्थानीय विभाग के प्रधान सविव बोर्ड के सदस्य होंगे जबकि पंचकूला के उपाय्क्त एवं प्जा स्थल बोर्ड पंचक्ला के म्ख्य प्रशासक बार्ड के सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य गौरव गौतम ने आज पलवल ब्राहम्ण धर्मशाला से सभी स्विधाओं से लेस कैंसर वैन का श्भारंभ किया एश्यिन अस्पताल के सहयोग से मिली यह कैंसर वैन शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर लोगों की स्वासथ्य जांच करेंगी डेरा प्रम्ख राम रहीम सिह पर चल रहे डेरा प्रबंधक रंजीत की हत्या के मामले में आज पंचक्ला स्थित सीबीआई अदालत में स्नवाई हई स्नवाई के दौरान धार तीन सौ तेरह के तहत खट्टा सिंह की गवाही पर सभी छ आरोपियों के बयान दर्ज किये गये